मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है

नामांकन लोकसभा चुनाव के पांचवे चरण के लिए पर्चे भरने का आज आखिरी दिन है

वहीं लोकसभा चुनाव के छठे और राज्य में तीसरे चरण के लिए मुरैना भिंड ग्वालियर गुना सागर विदिशा भोपाल और राजगढ़ सीटों पर भी नामांकन की प्रक्रिया जारी है मुरैना में आज केन्द्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी नरेन्द्र सिंह तोमर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया वहीं सतना में आज एक नामांकन पत्र दाखिल होने की खबर है

मतदान जागरूकता प्रदेश के विभिन्न जिलों में चुनाव प्रशिक्षण और मतदाता जागरूकता की गतिविधियां जोरों पर है खंडवा जिले के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इसी कड़ी में कल खंडवा बस स्टैण्ड और पिपलौद खास में वीवीपैट मशीन प्रदर्शित की गई आज खंडवा में मत प्रतिशत ऐप संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा सतना जिले में दिव्यांगजनों को सुगम मतदान के लिये रामनगर में आयोजित कार्यक्रम में संभागायुक्त डॉ अशोक कुमार भार्गव ने लोकसभा चुनाव में अनिवार्य रूप से मतदान करने के लिये लोगों को प्रोत्साहित किया बुरहानपुर जिले के ग्राम शेखपुरा में स्व सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा रैली निकाल कर मतदान का संदेश दिया गया श्योपुर जिले में पशुपालक समूहों को मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत वोट डालने के लिए जागरूक किया गया और शपथ दिलाई गई मुरैना जिले में कल जिला निर्वाचन अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने स्वीप गतिविधियों के तहत रेलवे स्टेशन पर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया छिन्दवाड़ा में कल महिला मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पिंक रैली निकाली गयी

सभी राजनैतिक दल अपना प्रत्याशी के पक्ष में मतदाताओं से वोट देने की अपील कर रहे हैं हमारे छिंदवाड़ा संवाददाता ने बताया कि छिंदवाड़ा लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिये प्रचार में तेजी आई है पहले चरण के लिये जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें सीधी शहडोल जबलपुर बालाघाट मंडला और छिंदवाड़ा शामिल है आचार संहिता उल्लघंन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी एल कांताराव ने कल इंदौर संभाग अंतर्गत पांच संसदीय क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के लिये की गई तैयारियों की समीक्षा की

विज्ञापन रोक प्रदेश कांग्रेस के चौकीदार चोर है शीर्षक वाले विज्ञापन पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन अनुवीक्षण समिति ने रोक लगा दी है समिति ने भाजपा की ओर से विज्ञापन के संबंध में मिली शिकायत पर यह फैसला लिया है भाजपा ने आरोप लगाया था कि यह विज्ञापन अपमानजनक बदनाम करने वाला है और उसमें आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया गया है